केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अंबाला में कहा कि गंगा समेत देश की अन्य नदियों को साफ बनाना सरकार की प्राथमिकता है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाकिस्तार से अपेक्षा रखता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की कार्ययोजना को सितंबर तक लागू करे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग के प्रचार प्रसार और विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित लोगों को बधाई दी है केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि द्रदर्शन की सबसे बडी खुबी उसकी विश्वसनीयता है औश्र द्रदर्शन सबसे बड़ा डीटीएच ऑपरेटर है जो देश भर में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हआ है

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंन्द्र सिंह ने डोगरी समाचार बुलेटिन का शुभारंभ करते हुए कहा कि समाचार बुलेटिन ऐसी शक्ति है जिससे शत्र के प्रोपेगंडा से निपटने में मदद मिलती है

केंद्रीय राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा की गंगा समेत देश के अन्य नदियों को साफ सुथरा बनाना सरकार की प्राथमिकता है आज अंबाला के सभी सैक्टरों में कुकिंग गैस के पाइप लाइन के जरिए सीधी सप्लाई योजना की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा की प्रदेश के हर शहर में अब लोगों के घरों में पाइप लाइन के जरिए घरेलू गेस की सप्लाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले उज्जवला योजना के तहत हर गरीब के घर में गेस सिलेन्डर उपलब्ध करवाया अब देश के हर शहर में घरों मे सीधी गैस उपलब्ध कारवाई जाएगी

श्री कटारिया ने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति विभाग प्ररे देश में नादयों को प्रद्रषणमुक्त करने की मुहिम शुरू करेगा इसके तहत नदियों के किनारे पर ट्रीटमेन्टे प्लांट लगाए जाएंगे तांकि आस पास के इलाकों से आने वाले पानी को साफ करने के बाद ही नदी में डाला जा सके उन्होंने कहा कि गंगा यमुना व अन्य पवित्र नदियों के लिए अलग से मुहिम चलाई जाएगी

अधिकारियों ने आज बताया कि इस सौदे के सिलसिले में सीबीआई ने भंडारी के निवास और कार्यालय में छापामारी की

अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाके लिए रेल विभाग मोबाइल चारजिंग वेंडिंग मशीन लगा रहा है यात्री कुछ रूपए देकर मोबाइल को चार्ज करवा सकेंगे जिसे लेकर स्टेशन निदेशक बी एस गिल और चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर राजेश मरवाह ने बैठक की श्री गिल ने बताया कि इस योजना के लागू होने से जहां एक ओर यात्रियों की सुविधा में बढोतरी होगी तो वहीं दूसरी ओर रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी

भारत पाकिस्तान से अपेक्षा रखता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की कार्ययोजना को पूरी तरह लागू करने के लिए इस वर्ष सितंबर तक सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठायेगा पाकिस्तार को संदिग्ध देशों की सूची में रखने के एफएटीएफ के फैसले के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एफएटीएफ कार्ययोजना के बारे में पाकिस्तान की कार्यवाई उसकी राजनीतिक वचनबद्धता के अनुसार होनी चाहिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को आतंकवाद और आतंबवादियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने के लिए विश्वसनीय और चिरस्थाई उपाय करने चाहिए कल एफएटीएफ ने कहा कि इस्लामाबाद आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के बारे में अपनी कार्य योजना पर अमल करने में असफल रहा है उसने चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद अपने वायदे को अक्तूबर तक पूरा करे अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं काली सूची में डाल दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन लोगों को बधाई दी है जिन्हें योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री मोदी ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत को अपने स्मृद्ध कार्य पर गर्व है कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा योग अपनाने और सबको स्वस्थ बनाने की ओर प्रयासरत है जापान योग निकेतन और बिहार स्कूल ऑफ योगा को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में इटली के एंटोनिऐटा रोज्जी और गुजरात के स्वामी राजार्षी मुनी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है श्री मोदी ने स्पेनी फांसीसी अरबी रूसी जापानी और अंग्रेजी भाषा में बधाई संदेश सांझा किया

यह कई योग प्रशिक्षण संस्थान और कोर्स चला रहा है श्री मोदी ने कहा कि जापान योग निकेतन जापानी समाज के सभी वर्गों के लोगोंको आकर्षित करने में सक्षम है

इस ढंग से भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है आज नई दिल्ली में बसंत कृंज में हवाई ट्रैफिक प्रबंधन केन्द्र का उदघाटन करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर हवाई आवाजाई को सरल बनाने और आकाश में निर्विघ्न हवाई सुविधायें देने में अग्रसर है